श्री मीणा ने बताया कि इसके लिए राज्य निर्यात पुरस्कार योजना जारी की गई है

चिकित्सा मंत्री रघ् शर्मा ने यह हो जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए भूमि का आंवटन कर दिया गया है झुन्झुनू जिले के किंठाना गांव में ह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के उदघाटन समारोह में उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान पहले पायदान पर रहा है इससे प्रदेश का मान बढ़ा है कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि चिकित्सा विभाग केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का तालमेल कर प्रदेश की जनता को लाभ देने का बेहतर काम कर रहा है

श्री शर्मा ने ब्लड बैंक में न्यू ब्लड बैंक कॉम्पोनेंट सेपरेशन यूनिट अस्थि रोग विभाग नार्थ विंग के नवीनीकरण का लोकार्पण तथा अस्पताल के डेटा सेंटर की आई टी सेल का उद्घाटन किया

इसके बाद चिकित्सा मंत्री ने रक्तदाता सम्मान समारोह में शिरकत की

मेले का उदघाटन शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही है

इसमें लोक संस्कृति से जुडे विभिन्न कार्यक्रमों के साथ ग्रामीणों के बीच खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हई उत्सव के समापन पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल ने मेघवाल ने प्रतियोगिताओं में अव्वल रहे विद्यार्थियों को सम्मानित किया

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस साल के एड्स दिवस की थीम समुदाय से होगा बदलाव रखी है